नहीं मिले विधायक

मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के घर से एके सैंतालीस राइफल और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर देर रात पहुंची लेकिन विधायक नहीं मिले पुलिस ने आवास की घेराबंदी की और वहां उपस्थित कुछ लोगों से पूछताछ की ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र ने बताया कि विधायक के यहां से मिले हथियारों के नम्बरों को अलग अलग जांच एजेंसियों को भेजा गया है उन्होंने कहा कि एनआईए को भी पत्र लिखा गया है जो जल्द ही इस मामले की जांच के लिये पटना आ सकती है वहीं दानापुर आर्मी कैंप के अधिकारी भी विधायक के गांव नदामा पहुंच गये हैं और जांच शुरू कर दी है एएसपी लिपि सिंह को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गयी है केंद्र सरकार ने राज्य में औरंगाबाद पूर्णिया गया और शेखपुरा में खुलने वाले कम्यूनिटी रेडियो स्टेशनों का प्रस्ताव बिहार कृषि विश्वविद्यालय से मांगा है विश्वविद्यालय से निर्देश मिलने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आर के सोहाने ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के पिछड़े जिलों के किसानों को खेती की नई जानकारी देने के लिये इन रेडियो स्टेशनों को खोलने का फैसला लिया है उन्होंने कहा कि इस योजना में पचहत्तर प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है जबकि पच्चीस प्रतिशत राशि आत्मा की योजना से मिलता है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने कृषि विभाग को पंचायत स्तर पर बाढ़ और सुखाड़ से बर्बादी का आकलन करने का निर्देश दिया है जिसके बाद कृषि विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है सचिव एन श्रवण कुमार ने बताया कि पहले प्रखंड स्तर पर बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा होती थी लेकिन इस बार पंचायत स्तर पर की जा रही है उन्होंने कहा कि सूखे से फसलों को बचाने के लिये मुख्यमंत्री ने पहले ही डीजल अनुदान की राशि पचास रूपये से बढ़ाकर साठ रूपये कर दी है विभाग के सचिव श्री कुमार और निदेशक आदेश तितरमारे ने जिला कृषि पदाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्मय से स्थिति की जानकारी ली सचिव ने बताया कि चालू खरीफ मौसम में तैंतीस लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब तक लगभग साढ़े पच्चीस लाख हेक्टेयर में ही रोपनी हो सकी है उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त स्थानों पर दूसरे फसलों को लगाने की व्यवस्था की जा रही है केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा के नये नियम के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को तत्काल पांच लाख रूपये मुआवजा राशि दिये जाने की घोषणा की है सड़क परिवहन मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्रियंका भारती ने बताया कि पहले गरीब परिवार से जुड़े लोगों को सड़क दुर्घटना में ढाई से तीन लाख रूपये की राशि ही मिल पाती थी नये नियम से लोगों को राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि अगर परिजन चाहे तो इस राशि को छोड़कर अधिक मुआवजे का दावा कर सकते हैं राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन ऑनर बुक में निवास स्थान की गलत जानकारी देने पर परिवहन विभाग वाहन मालिक से जुर्माना वसूलेगा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर बुक लोगों के दिये गये पते पर भेजा गया लेकिन उसके वापस लौटने पर यह निर्णय लिया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि आज पटना सहित राज्य के लगभग आधा दर्जन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना बनी हयी है विभाग के वैज्ञनिकों ने कहा कि मॉनसून अभी सक्रिय है जिसके कारण क्छ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है वहीं कल झारखण्ड से गुजर रही ट्रफलाइन के कारण राज्य के मौसम पर असर पड़ा कई स्थानों पर बारिश हुयी है दूसरी ओर बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के झपनियां और पहाड़पुर गांव में बारिश के दौरान वजपात से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन लोग बेहोश हो गये दरभंगा जिले में कमला बलान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण मंसारा गांवा के पास हाल ही में ठीक किये गये पश्चिमी तटबंध के टूट जाने के कारण बाथ बौराम कन्हई खतवारा समेत कई गांवों में पानी प्रवेश कर जाने से लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं जमुई जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन लाभार्थियों को हर प्रकार की सहायता दे रहा है एक रिपोर्ट साउंड बाईट जमुई जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले दो वित्तीय वर्षो में अठाईस हजार नौ सी निन्यानवे लामार्थियों के आवास निर्माण की स्वीकृति दी गयी है

आकाशवाणी समाचार के लिये जमुई से पंकज कुमार मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के डुमरा गांव निवासी मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय क्मार झा का चयन राष्ट्रपति पूलिस मेडल के लिये किया गया है श्री झा वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत हैं राजधानी पटना के मोईनुलहक स्टेडियम के बाहरी परिसर में खेले जा रहे रामानंद तिवारी मेमोरियल अंतर स्कूल अंडर फोर्टीन क्रिकेट प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में कल स्टार एकादश ने बिड्स क्रिकेट एकेडमी को बत्तीस रनों से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया विजेता टीम के नंदन को मैन ऑफ द मैच का प्रस्कार मिला पूर्वी चंपारण जिले में आदापुर थाने की पुलिस ने श्यामपुर रोड पर लगभग उनतीस किलो चरस के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है रोहतास जिले में एक अनियंत्रित वाहन ने सड़क पर जा रही तीन महिलाओं को कुचल दिया जिससे घटना स्थल पर ही दो की मौत हो गयी किशनगंज जिले में पुलिस ने अवैध रूप से ले जायी जा रही छह नावालिक सहित नौ लड़कियों को मुक्त कराया है इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है पूर्व मध्य रेल पटना समेत बावन जंक्शनों पर गीला और सूखा कचरा रखने के लिए अलग अलग डस्टबिन रखेगा सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग अनिवार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पंद्रह स्टेशनों पर रिवर्स वेंडिंग मशीन और प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीन भी लगायी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मोकामा के विधायक अंनत सिंह के घर से एके सैंतालीस राईफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है अनंत पर यूएपीए एक्ट में केस दैनिक जागरण ने जल जीवन हरियाली अभियान को प्रचार वाहन रवाना को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने लिखा है मुख्यमंत्री आज करेंगे राज्य में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा दैनिक भास्कर ने दिल्ली एम्स में भीषण आग को अपनी बड़ी खबर बनाया है अखबार आज की बड़ी खबर है दो दर्जन जिलों में सूखे से स्थिति भयावह

नहीं मिले विधायक